भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद पैंतीस ए को समाप्त करने किसानों की आय दुगुनी करने और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया है पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पार्टी पूर्व की तरह आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी साउंड बाईट राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेन्स की पॉलिसी थी है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेन्स की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी

श्री सिंह ने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर एक लाख रूपये तक के लघु अवधि के नये कृषि ऋण बिना ब्याज पर देगी यह ऋण पांच वर्ष तक और मूलधन के जल्द भुगतान की शर्त पर दिया जाएगा श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी किसानों के लिए लागू की जाएगी लघु और सीमान्त किसानों के लिए साठ वर्ष की उम्र के बाद पेंशन भी सुनिश्चित की जाएगी वहीं देश भर के छोटे व्यापारियों के लिये भी पेंशन की व्यवस्था की जायेगी श्री सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर इसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के कल्याण और विकास को सभी स्तरों पर उच्च प्राथमिकता दी जाएगी श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सौहार्दपूर्ण माहौल में जितनी जल्दी संभव हो मंदिर निर्माण की नई संभावनाओं का पता लगाएगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पार्टी का बहुआयामी घोषणापत्र समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है उन्होंने कहा कि इसमें भलीभांति परिभाषित पचहत्तर संकल्प हैं जिन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है

हम देश को समृद्ध बनाने के लिए समान्य मानवी के सशक्तिकरण को लेकर के जन भागीदारी को बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए लास्ट माईल डिलीवरी की और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ने का हमारा निर्धारित मंत्र है कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा का घोषणापत्र केवल एक व्यक्ति पर केन्द्रित है जबकि कांग्रेस का घोषणापत्र आम जनता को बढ़ावा देने के लिए है नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि भाजपा को घोषणापत्र के स्थान पर माफीनामा जारी करना चाहिए और पिछले पांच वर्ष में अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखाजोखा देना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल ने आज लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में घोषणा पत्र जारी किया घोषणा पत्र में दलितों और पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने और सभी खाली सरकारी पद भरने का वादा किया गया है साउंड बाईट राजद सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को प्रतिबद्ध है और इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन सुनिश्चित करेगा राजद दो सौ पाइट रोस्टर प्रणाली को एक संवैधानिक संरक्षण देगा श्री यादव ने कहा कि पार्टी राज्य से कामगारों का पलायन रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की न्याय योजना का समर्थन करते हैं चौथे चरण के लिये आज अठाईस नामांकन पत्र दाखिल किये गये दरभंगा से पांच उजियारपुर और समस्तीपुर से सात सात बेगूसराय से चार और मुंगेर से पांच उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आज एनडीए उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया समस्तीपुर से एनडीए की ओर से लोजपा के रामचंद्र पासवान और महागठबंधन के अशोक कुमार ने पर्चा दाखिल किया दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता और दरभंगा संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दिकी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से राजद उम्मीदवार तनवीर हसन ने भी नामांकन का पर्चा भरा मुंगेर संसदीय क्षेत्र से जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा तीसरे चरण के लिये नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन आज अररिया से दो मधेपुरा और सुपौल से एक एक उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस लिया इस चरण के तहत अब झंझारपुर से सत्रह अररिया से बारह सुपौल से बीस मधेपुरा से तेरह और खगड़िया से बीस प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं तीसरे चरण में कुल बयासी उम्मीदवार के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय पांच ईवीएम का मिलान मतदाता प्रष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है न्यायालय का यह आदेश इक्कीस विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम से कम पचास फीसदी वीवीपैट मशीनों से निकली पर्चियों का मिलान ईवीएम से पड़े मतों से कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था इस बीच निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता प्रष्टि पर्ची के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिये तत्काल कदम उठाये जा रहे हैं ग्यारह अप्रैल को पहले चरण के लिये होने वाले लोकसभा चूनाव क्षेत्रों में प्रचार कल समाप्त हो जायेगा जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवादा के कादिरगंज में एनडीए उम्मीदवार चंदन सिंह और नवादा विधानसभा उप चुनाव के प्रत्याशी कौशल यादव के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि वे अपने कामों की बदौलत वोट मांगने आये हैं उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए ही देश को मजबूत सरकार देने में सक्षम है बाद में श्री कुमार ने औरंगाबाद के कुट्म्बा में भाजपा उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया वहीं राजद के वरिष्ठ नेता तेजसी प्रसाद यादव ने दरभंगा में पार्टी उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दिकी के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव देश संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई है रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने शेखपुरा के अरियरी में पार्टी उम्मीदवार भूदेव चौधरी के पक्ष में चुनावी रैली की उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार को प्रचार वाली पार्टी बताते हुए कहा कि महागठबंधन ही आम लोगों की हितैषी है लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने समस्तीपुर में एनडीए उम्मीदवार रामचंद्र पासवान और नित्यानंद राय के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि एनडीए सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र पर काम कर रही है सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया रैली को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी नंद किशोर यादव मंगल पांडेय और सीपी ठाकुर ने भी संबोधित किया भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने के आसार हैं

आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा पर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट बेचने का आरोप लगाया